प्रदेश में महावीर जयंती का पर्व ध्मधाम से मनाया गया

इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों से त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर कल दूसरे चरण में होने वाले मतदान को टाल दिया है

वहीं एक प्रत्याषी के ठिकाने से नकदी रकम मिलने पर तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किया गया है चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल के मद्देनजर आयोग ने यह कदम उठाया है भाजपा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल सहित राज्य के चार संसदीय क्षेत्रों से उम्मीद्वारों के नामों का एलान कर दिया है पार्टी ने भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्यी प्रज्ञा ठाकर को उम्मीदवार बनाया है वहीं गुना से केपी यादव सागर से राजबहादुर सिंह और विदिशा से रमाकांत भार्गव प्रत्याशी होंगे इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज भोपाल में भाजपा कार्यालय पहंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी

अब सिर्फ इंदौर संसदीय क्षेत्र से ही पार्टी के उम्मीदवार का नाम तय होना शेष है

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कांताराव ने कहा कि पूरे प्रदेश में बुजुर्ग गर्भवती और दिव्यांगों को बीना लाइन में लगे वोट देने की सुविधा दी जाएगी साथ ही लाइन में लगने वाले सभी मतदाताओं के लिये छाया की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये कृत संकल्पित है इस संबंध में इंदौर संभाग में चुनाव की तैयारियां संतोषजनक हैं इसके अलावा इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर और एसपी के साथ कांताराव ने आवश्यक बैठक की बैठक में आदर्श आचार संहिता कानून व्यवस्था संवदेनशील मतदान केन्द्रों के संबंध में बिन्दुवार समीक्षा की गयी विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा लोकसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार हर मंगलवार रात आठ बजे से आठ बजकर पन्द्रह मिनट तक सुना जा सकता है

छिंदवाड़ा जिले म महिला मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान हेतु प्रेरित करने के लिये पिंक रैली निकाली गई साथ ही विविध रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आहवान किया गया झाबुआ जिले में लोकसभा चुनाव के लिये नवाचार किया गया है जिसके तहत बहुभाषीय एंड्राइड मोबाइल आधारित स्वीप स्टीकर डिजाइन कराया गया इसी तरह अशोकनगर में स्वीप ंगतिविधियों के तहत चला मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बारिश मौत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार की रात को हुई तेज बारिश के बीच चली तेज हवाओं ओलों और बिजली के गिरने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है

वहीं बड़ी मात्रा में खेतों में रखी फसल और मंडियों तक पहुंची उपज को नुकसान हुआ है राजस्थान और उत्तरप्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम में बदलाव आया और मंगलवार की रात को राजधानी सहित इदौर धार शाजापुर सीहोर उज्जैन खरगोन बड़वानी राजगढ़ सहित अन्य जिलों में बारिश हुई ओले गिरे और कई स्थानों पर बिजली भी गिरी

हमारे होशंगाबाद संवाददाता के अनुसार मंगलवार की रात को हुई बारिश से खेतों और खरीदी केन्द्रों पर रखा हुआ अनाज भीग गया है वहीं ग्वालियर में हुई बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है गुना शिवपुरी जिले में बीते दो दिनों में हुई बारिश ने कट चुकी फसल और खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है

मंदिरों में सामूहिक पूजन का दौर चला और विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं ट्विट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान महावीर के जीवन और उनके अहिंसा शान्ति सदभाव और भाईचारे के संदेश से लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ेगी वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की बधाई दी है डिंडोरी में महावीर जयंती के मौके पर पालकी यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी शाम को जैन मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया इसी तरह खंडवा आगरमालवा सहित अन्य स्थानों पर महावीर जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया

इसके लिये हैचरी तैयार की जा रही है